भारतीय महिला हाकी टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन रखा जारी टोक्यो में मेजबान जापान को हराकर ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता का खिताब जीता

चिदंबरम यूपीए सरकार के समय वित्त गृह मंत्री जैसे पदों पर रहे कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को केंद्रीय अन्यवेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल गिरफ्तार कर लिया

उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई अफसरों को दीवार फांदकर निवास में घुसना पड़ा सीबीआई के साथ प्रवर्तन निदेशालय की टीम भी वहां पहुंची थी आज उन्हें कोर्ट में पेष किया जायेगा चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार तो उसी दिन लटक गई थी जब दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को यह कहते हुए दुकरा दिया था कि वह आईएनएक्स मीडिया मामले में मुख्य आरोपी हैं कल जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर त्वरित सुनवाई की मांग की गई उस वक्त उनकी याचिका में कुछ कमी मिलने पर सुनवाई का दिन शुक्रवार तय कर दिया गया इस बीच सीबीआई ने उनको अरेस्ट करने की पूरी तैयारी कर रखी थी भारत जांबिया भारत और जाम्बिया ने रक्षाखनिज संपदा और भूगर्भशास्त्र सहित छह क्षेत्रों में सहयोग के समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं जाम्बिया के राष्ट्रपति एडगर लुन्गु और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच कल शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये कैबिनेट सचिव केन्द्रीय गृह सचिव राजीव गोबा नए कैबिनेट सचिव होंगे वे तीस अगस्त को कार्यभार संभालेंगे और पीके सिन्हा का स्थान लेंगे

गौर पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर का अंतिम संस्कार कल भोपाल के सुभाष नगर विश्राम घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया

श्री गौर के निधन पर राज्य में तीन दिन का राजकीय शोक और आधे दिन का अवकाश घोषित किया गया है उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है वहीं आज से प्रदेश में कई स्थानों पर श्री गौर के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जायेंगी कोर्ट सजा बैतूल जिले की मुलताई एडीजे कोर्ट ने सामूहिक द्ष्कर्म और लूट के मामले पर दोषियों को उम्रकैद की संजा सुनाई

इस मामले में डीएनए टेस्ट रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों और पीड़िता के बयान के आधार पर एडीजे कोर्ट ने चारों को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई

बड़वानी के सेंधवा निवासी को इंदौर निवासी पति ने तीन तलाक दे दिया पीड़िता उजमा कल न्याय की गुहार लगाने जिले के सेंधवा शहर थाने पहुंची

इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जवाब दाखिल किया गया पीएम मोदी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्र जैन और के आर सिंह ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया कि तेज बहादुर वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के वोटर नहीं हैं और तेज बहादुर यादव का नामांकन खारिज हो गया था इसलिए वह वैध उम्मीदवार नहीं हैं

गौरतलब है कि यह याचिका तेज बहादुर यादव ने ही लगाई है

इस दौरान मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जल्द ही भोपाल से बाकी शहरों के लिए और द्वबई के लिए सीधी फ्लाइट सेवा प्रारंभ करने के प्रयास किये जाएंगे शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कमल नाथ सरकार आने के बाद से देश के विभिन्न शहरों से भोपाल को एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा गया है इस दौरान एयर कनेक्टिविटी फॉर भोपाल्स डेवलपमेंट समूह के संस्थापक आबिद फारूक ने घरेलू उड़ानों में वृद्धि के साथ अंतरराष्ट्रीय उड़ान जल्दी से शुरू किये जाने को लेकर सभी आवश्यक पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी

वहीं स्विट्जरलैंड के बासेल में दो बार की रजत पदक विजेता पीवी सिंधू बीडब्ल्यूएफ विश्व चौंपियनशिप के प्री क्वाटरफायनल में पहॅच गई है इधर किकेट में भारत आज अपने शुरूआती विश्व टेस्ट चौंपियनशिप मैच में वेस्टइंडीज से खेलेगा यह मैच आज भारतीय समयानुसार शाम सात बजे से एंटीगुआ के नॉर्थ साउंड में शुरू होगा आकाशवाणी से इस मैच का हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारण किया जाएगा इसे राजधानी एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों के साथ ही प्रसार भारती के यू ट्यूब चौनल पर सुना जा सकता है मौसम मध्यप्रदेश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है कल से कई जगहों पर बारिष हो रही है मौसम विभाग ने आज से बारिश का एक और दौर शुरू होने का अनुमान जताया है राजधानी भोपाल में कल से रूक रूक कर बारिष हो रही है

दमोह में भारी बारिश के चलते जिले की सभी नदियां उफान पर हैं मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम सक्रिय हुआ है जिसके चलते अभी बारिश का दौर जारी रहेगा

जबलपुर और सागर संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर तथा रीवा और शहडोल संभागों में अनेक स्थानों पर तथा शेष संभाग में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई

इसके अलावा जबलपुर मंडला होशंगाबाद छतरपुर आदि जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है शेष जिलों में हल्की ब्रूंदाबांदी होने की संभावना है

अलग अलग क्षेत्रों में विद्युत चोरी समेत अनेक अनियमितताओं के मामले दर्ज किए गए

इस दारैना अनियमितता पाए जाने पर घाटीगांव के एक आंगनबाडी केन्द्र की कार्यकर्ता एवं सहायिका को हटाने के निर्देश दिए हैं